राज्य में अच्छी बारिश का दौर जारी एहतियात के तौर पर तीन जिलों में एनडीआरएफ तथा बीस जिलों में एसडीआरएफ तैनात करने का निर्णय प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले दिनों से लगातार तेजी बनी हुई है

हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की जांच के लिए ज्यादा से ज्यादा नमूने लेने पर जोर दे रही है

इस बीच दौसा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बांदीकई उपखण्ड में लॉकडाउन फिर लागू कर दिया गया है जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दवाइयों की दुकाने और अस्पताल खुले रहेंगे लोगों के आने जाने पर पाबंदी होगी लेकिन वे इलाज के लिए अस्पताल जा सकेंगे

पाली में ही नगर परिषद कार्यालय के कर्मचारी के कोरोना पॉज़िटिव आने के बाद कल तक परिसर में जनता के आने जाने पर रोक लगा दी है

निगम के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की जांच की गई है

उन्होंने कहा कि रात के समय मरीजों की देखभाल के लिए और नर्सिंगकर्मी लगाये जाएंगे तथा हार्ड इय्यूटी देने वाले स्टाफ को प्रोत्साहित किया जाएगा डॉ शर्मा ने बताया कि डॉक्टरों एएनएम तथा जीएनएम की भर्ती प्रक्रिया को भी जल्द पूरा किया जाएगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि यह शानदार उपलब्धि टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट की रणनीति पर कड़ाई से अमल करने से हासिल हो पायी है

न्यायमूर्ति अशोक भूषण न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने यह भी व्यवस्था दी कि पीएम केयर्स में दिया गया चेदा चैरिटेबल ट्रस्ट की निधि है न्यायालय ने कहा कि एनडीआर एफ में अंशदान करने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स निधि में जमा की गई राशि एन डी आर एफ से पूरी तरह अलग है

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पीएम केयर्स निधि के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है

उपराष्ट्रपति ने कहा कि लीक से हटकर काम करने में समर्थ बनाने के लिए विद्यार्थियों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढावा देने के ठोस प्रयास किये जाने चाहिए

इसके बाद आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली का स्थान है

भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डीआर मेहता ने बताया कि अगले तीन वर्षों में विदेश मंत्रालय के सौजन्य से लगभग एक दर्जन शिविरों का आयोजन किया जाएगा इन शिविरों में सभिति की टीम विदेशी विकलांगों को जयपूर फूट लगाएगी

उपवन संरक्षक बीजो जॉय ने बताया कि घायल शावक का इलाज जारी था और आज सुबह साढे चार बजे के बाद से उसके शरीर में कोई हरकत नहीं दिखी

उनकी स्मृति में प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

साथ ही ये द्रदर्शन डीटीऍच चैनल प्रधानमंत्री कार्यालय और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर एप पर भी उपलब्ध रहेगा

टोंक जिले के देवली में एक घंटा मूसलाधार बारिश हई वहीं मौसम विभाग ने आज अजमेर बारा भीलवाडा जयप्र कोटा सिरोही तथा सीकर जिलों में कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई है

मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र के निदेशक आरएस शर्मा ने बताया कि अगले एक माह तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा